खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस दौरान समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए सभी हितधारकों के सहयोग से अभियान का संचालन किया जाएगा श्रीमती सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति को पोषण का महत्व बताने के लिए अगले महीने में पोषण सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों स्कूल प्रबन्धन समितियों सामाजिक संगठनों राजकीय विभागों और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जायेगा भीड़ द्वारा उग्र हिंसा रोकने के लिए नया कानून बनाने की संभावना पर गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में बनी वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने रिपोर्ट सौंपने से पहले समाज के विभिन्न वर्गों और संबंधित पक्षों के साथ विस्तुत विचार विमर्श किया मंत्रियों का समूह अब अपनी रिपोर्ट अंतिम फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेगा प्रदेश के पांच जिलों में करीब पन्द्रह करोड़ रुपए की लागत से पांच क्लस्टर विकसित किए जाएंगे एमएसएमई सचिव नवीन महाजन ने बताया कि बांसवाड़ा में टेराकोटा डूंगरपुर में बांस टोकरी सिरोही बारां और सीकर में रीको द्वारा आधारभूत सुविधाओं के अपग्रेडेशन के कार्य के लिए राज्य स्तरीय समिति एसएलईसी द्वारा क्लस्टर मंजूर किए गए हैं उन्होंने बताया कि इससे क्लस्टर आधार पर परंपरागत शिल्प का विकास और मार्केटिंग के साथ ही देश विदेश में पहचान दिलाई जा सकेगी प्रदेश में किन्नरों के लिये पहली बार लागू की गयी ट्रांसजेंडर नीति के तहत अब किन्नर भी राशन की दुकान से सस्ती दर पर राशन ले सकेंगे सरकार की ओर से इनको भी एनएफएसए में विशेष श्रेणी की पात्रता दी गई है राज्य सरकार लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से ड्ंगरपुर जिले के लोग भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन रहे है

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यरो ने कोटा में कृषि विपणन मंडी सचिव सहित पांच लोक सेवकों को एक लाख चालीस हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया ब्यूरो के महानिदेशक ने बताया कि पांचों लोक सेवकों ने परिवादी द्वारा कृषि उपज मंडी कोटा में सड़क निर्माण के कार्य के बिल पास करने के एवज में यह रिश्वत ली थी इधर अजमेर जिले की ब्यावर नगर परिषद सभापति बबीता चौहान को रिश्वत के मामले में निलंबित कर दिया गया है गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बबीता चौहान को सवा दो लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था अजमेर जिले के ब्यावर में करंट लगने से कल रात तीन युवकों की मौत हो गई और एक अन्य झुलस गया

सवाईमाधोपुर जिले में कल दो अलग अलग सड़क हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये